मोदी भूटान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज थिम्फू में भूटान नरेश जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक से भेंट की श्री मोदी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में गार्ड ऑफ ऑर्नर का निरीक्षण किया इससे पहले श्री मोदी भूटान की दो दिन की यात्रा पर पारो पहुंचे पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग अनेक वरिष्ठ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वातगत किया प्रधानमंत्री की यात्रा कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि पारो से थिम्फू तक पचास किलोमीटर रास्ते में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अधिकांश स्थानों पर बड़ी संख्या में बच्चे और युवा भारतीय और भूटानी झंडे लिए पंक्तिबद्ध खड़े रहे

गढ़ाकोटा में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्री पटेल ने यात्रा के उद्देश्य बताते हुए लोगो से स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण नशा मुक्ति जैसे कार्यो में सहभागी होने का आवाहन किया बिजली दर प्रदेश में आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं अगले महीने उपभोक्ताओं को नई दरों के मुताबिक ही बिजली का बिल मिलेगा

सम्मान निधि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों के अस्सी लाख पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में अब तक इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है

अस्पताल का आपरेशन थियेटर सील कर दिया गया है

इस मामले में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है श्री सिलावट ने बताया है कि अस्पताल का लायसेंस निरस्त करने के निर्देश भी दिये गये हैं

अगले ही दिन मरीजों की आंखों में दवाई डाली गई जिसके बाद उन्हें दिखाई देना बन्द हो गया प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने माना है कि दवा से मरीजों की आंखों में संकमण हआ